राज्य के विभिन्न भागों में आंधी पानी और वज्रपात से आठ लोगों की मौत

प्रदेश में अब कोई भी व्यक्ति अपनी पैतृक जमीन तभी बेच सकेगा जब उसने पारिवारिक बंटवारे के बाद उसकी जमाबंदी यानि दाखिल खारिज करा लिया हो

संशोधन के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल लोकसंवाद में पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि पैतृक जमीन का बिना बंटवारा हुए परिवार का कोई भी सदस्य बेच देता है जिससे परिवार के अन्य किसी सदस्य की आपत्ति पर बाद में विवाद बढ़ता है उन्होंने कहा कि यह अनिवार्य होना चाहिए कि पारिवारिक बंटवारे के बाद जमाबंदी कराकर ही कोई व्यक्ति जमीन की बिक्री करे श्री कुमार ने कहा कि भूमि विवाद खत्म करने को ही पारिवारिक बंटवारे पर होने वाले निबंधन का खर्च राज्य सरकार ने एक सौ रुपये कर दिया है प्रदेश के कई जिलो में आयी आंधी पानी और वज्रपात से आठ लोगों की मौत हो गयी जबकि लगभग डेढ़ दर्जन लोग घायल हो गये गोपालगंज और छपरा में तीन तीन तथा सीवान और पश्चिम चंपारण में एक एक व्यक्ति की मौत हो गयी पटना मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार राज्य में एक टर्फ लाईन गुजर रही है इससे प्रदेश के पूर्वी और उत्तर हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है विभाग ने कहा कि कल गोपालगंज सीवान और छपरा में अच्छी बारिश रिकार्ड की गयी है जिससे राज्य के वातावरण में थोड़ी नमी बढ़ने की उम्मीद है वहीं राज्य के अधिकांश भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमन इकतालीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तीस दशमलव दो जबकि गया का अधिकतम पैंतालीस दशमलव छह और न्यूनतम अट्ठाईस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया इधर मौसम वैज्ञानिकों ने कहा अगले तीन दिनों में दक्षिण बिहार में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जतायी है आपदा प्रबंधन विभाग ने आम लोगों को एसएमएस के माध्यम से लू चलने की जानकारी देने की व्यवस्था की है विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि विभिन्न विज्ञापनों एफएम आकाशवाणी के अलावा व्हाटस एप्प और ट्विटर के माध्यम से लोगों को लू चलने की जानकारी दी जायेगी सचिव ने कहा कि नगर विकास स्वास्थ्य पंचायती राज पीएचईडी पर्यावरण और वन विभाग तथा जिला प्रशासन को लू से बचाव के लिए उपाय करने के निर्देश दिये गये हैं उन्होंने कहा कि ग्यारह बजे से तीन बजे तक मनरेगा योजनाओं का काम बंद रहेगा जबकि सभी पीएचसी अनुमंडलीय और सदर अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेजों में बेहतर इलाज की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है रिजर्व बैंक ने प्राथमिक खातों के मामले में खाताधारकों को कुछ नियमों में छूट देने की घोषण की है जिससे जीरो बैलेंस रखने वाले को भी चेक बुक और अन्य सुविधाएं मिल सकेगी बैंक ने कहा है कि इन खातों मे न्यूनतम राशि रखने की बाध्यता नहीं है ऐसे खाताधारक एटीएम से बिना शुल्क दिये तीस दिन में चार बार निकासी कर सकते हैं पटना जिले के बिकम थाना क्षेत्र के एनएच एक सौ उनतालीस पर करसा गांव के पास बालू लदे एक ट्रेक्टर के टेम्पू पर पलट जाने के कारण पांच लोगें की मौत हो गयी इस घटना में घायल सात लोगों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है सारण जिले में मांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत मझनपुरा गांव के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने दो कार और एक मोटरसाइकिल से तीन सौ नब्बे लीटर विदेशी शराब बरामद किया इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है उधर पटना जिले के मनेर में पुलिस ने खासपुर गांव के पास दूध के टैंकर से लगभग छह लाख रूपये मूल्य की शराब जब्त की है मुजफ्फरपुर जिले में चमकी बुखार से चौबीस घंटे के अंदर उन्नीस बच्चों की मौत हो गयी है सिविल सर्जन डॉ एस पी सिंह ने बताया कि श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज में अठारह और केजरीवाल हॉस्पिटल में एक बच्चे की मौत हुई है उन्होंने कहा कि पिछले दस दिनों में मरने वालों बच्चों की संख्या पचास तक पहुंच गयी है सिविल सर्जन ने बताया कि अभी चालीस बच्चों का इलाज किया जा रहा है वही तिरहत प्रमंडल के आयुक्त नर्मदेश्वर लाल ने कल इस मामले की समीक्षा करने के बाद सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि बच्चों की मौत की संख्या का रिकार्ड रखें और जांच कर स्पष्ट करें कि मौत का क्या कारण है उधर वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के हरवंशपुर पश्चिमी टोला गांव में दिमागी ब्रुखार से पांच बच्चों की मौत हो गयी है वैशाली के सिविल सर्जन ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है राज्य सरकार धान गेहूं की तरह अब मक्का की भी खरीद करेगी सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने बताया कि मक्का उत्पादक किसानों को उचित लाभ देने के लिए यह व्यवस्था की गयी है सकरी से सुपौल होते हुए सहरसा तक कोसी सेतु पर तीस जून से ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जायेगा पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि वर्ष उन्नीस सौ उनतालीस में बाढ़ के कारण सेतु क्षतिग्रस्त हो गया था उन्होंने कहा कि प्रनर्निमाण का कार्य पूरा कर लिया गया है बिहार लोक सेवा आयोग की चौसठवीं संयुक्त मुख्य परीक्षा बारह से सोलह जुलाई तक आयोजित की जायेगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर में नामांकन कराने की तिथि चौदह जून तक बढ़ा दी है पहले यह तिथि दस जून तक थी बोर्ड ने कहा है कि दूसरी चयन सूची उन्नीस जून को जारी की जायेगी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड खेल की गतिविधियों के लिए ऑनलाईन निबंधन करेगा बोर्ड ने कहा है कि स्कूल में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों के चयन के लिए यह निर्णय लिया गया है इसमें चौबीस खेलों को शामिल किया गया है कॉलेज और स्कूलों में दिव्यांगों को किसी तरह का परेशानी नहीं हो इसके लिए परिसर में एक बाधारहित माहौल बनाया जायेगा राज्य निशक्तता आयुक्त शिवाजी कुमार ने बताया कि इस संबंध में सभी स्कूल और कॉलेजों को एक सौ चौबीस बिंदुओं पर तैयार सूची भेज दी गयी है मुजफ्फरपुर के मड़वन में आयोजित बिहार राज्य गोल्ड कप पुरूष कबड्डी चैम्पियनशिप का खिताब पटना ने जीत लिया है फाइनल मुकाबले में पटना ने मुजफ्फरपुर को पैंतीस उनतीस से पराजित कर दिया ओडिशा के कटक में खेली जा रही सब जूनियर गर्ल्स फुटबॉल चैम्पियनशिप के एक मुकाबले में बिहार ने दिल्ली को पांच शून्य से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है गया में सम्पन्न नौंवी बिहार राज्य सब जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता के बालक वर्ग का खिताब छपरा ने जबकि बालिका वर्ग का खिताब पटना ने जीत लिया है आज के सभी समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संवाद कार्यक्रम की खबर को अपनी बड़ी सुर्खी बनाया है दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री के हवाले से सुर्खी बनायी है केन्द्र प्रायोजित योजनाएं बंद होनी चाहिए हिन्द्रस्तान ने लिखा है जमाबंदी के बाद ही जमीन बिक्री दैनिक भास्कर ने चमकी बुखार पर शीर्षक दिया है मस्तिष्क ज्वर से एक दिन में पच्चीस बच्चों की मौत हफ्ते भर में ही छप्पन गोदें सूनी प्रभात खबर ने क्रिकेटर युवराज सिंह के संयास लेने को बड़ी खबर बनाते हुए लिखा है सफलता से ज्यादा मिली नाकामी पर क्रिकेट ने ही लड़ना सिखाया अखबार आज टूटा गर्मी का रिकार्ड पारा छियालीस पार को बड़ी सुर्खी दी है

राज्य के विभिन्न भागों में आंधी पानी और वज्रपात से आठ लोगों की मौत